साथ ही सीटों की संख्या में दस प्रतिशत की वृद्वि भी की जाएगी इसके लिए जल्द ही आदेश जारी हो जाएगा

राज्य मंत्रिमण्डल की कल जयपुर में हई बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि भविष्य में समयबद्ध परीक्षाओं का आयोजन हो इसके लिये सभी अड़चनों को समय पर समुचित रूप से निस्तारित किये जाने के प्रभावी प्रयास किये जाएंगें

ये दोनों विधेयक विधानसभा के वर्तमान सत्र में ही सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे इससे सभी नागरिकों को इन संस्थाओं में निर्वाचन के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे

श्री गहलोत ने कल आरक्षित सूची के इन अभ्यर्थियों को विभाग आवंटन करके जल्द नियुक्ति दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस निर्णय से लम्बे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे इन अभ्यर्थियों को राहत मिली है अब इन अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विभागों द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे

उद्योग और राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने ये जानकारी देते हुए कहा कि नई औद्योगिक नीति में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाले उद्योगों पर बल दिया जाएगा

प्रस्तावित औद्योगिक नीति में जन घोषणा पत्र के मुताबिक आवश्यक प्रावधानों को प्राथमिकता से शामिल किया जायेगा

इस अभियान के तहत घर घर जाकर स्वाईन फ्लू के मामलो की जानकारी ली जायेगी चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि अब तक स्वाइन पलू के रोगियों की संख्या एक हजार को पार कर गयी है

इन स्टेडियमों में वॉलीबॉल कबड्डी खो खो हॉकी और फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जायेगा इन खेल मैदानों में सेना भर्ती प्रषिक्षण के लिए विभिन्न उपकरणों की सुविधा भी दी जायेगी

ये जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर ग्रामीण के युवाओं का आह्वान किया है कि वे अपनी टीम तैयार करें और खेलने की तैयारी शुरू कर दें

धौलपुर के बाड़ी रोड पर कार की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार तीन युवकों की मौत हो गई बीकानेर में लूणकरणसर में आज सुबह दो ट्रको में भीषण टक्कर के बाद आग लग जाने से एक ट्रक चालक जिंदा जल गया हादसे में झलसे तीन लोगों को बीकानेर रैफर किया गया है अलवर के महरमपुर स्टैण्ड के पास कल एक कार और स्कृटी की भिडंत में स्कृटी सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि दूसरे गंभीर घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया दुर्घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए राजमार्ग पर जाम भी लगाया

वहीं जोधपुर में अरना झरना फांटा के पास एक द्वक की टक्कर से मोटरसाईकिल सवार युवक की मौत हो गई ब्रंदी के कैशोरायपाटन में कार की टक्कर से मोटरसाईकिल सवार एक युवक की मौत हो गई

झुंझुनूं के पोक्सो न्यायालय ने दृष्कर्म के आरोपी को जहां आजीवन कारावास की सजा सुनाई वहीं अजमेर की पोक्सो मामलो की विशेष अदालत ने एक दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा दी है दोनो ही मामलों में आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है